ये दिशा निर्देश पिछले चार महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और स्दृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अन्सार महामारी पर प्री तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पडने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें यह स्निश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐंगी कि लोग मास्क पहनें बार बार हाथ धोयें और स्रक्षित दूरी के नियमों का पालन करें दिशा निर्देश के अन्सार पैंसठ वर्ष से अधिक आय् के व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है

देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला यह पहला बजट होगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से स्लभ हो सकें

ऐप में डाउनलोड प्रिंट करने जैसी अनेक स्विधाएं है ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा तथा एंडॉयड और आईओएस प्लेटफार्म से डाउनलोड किया जा सकता है

इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विकसित किया है पहली फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण प्रा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे

बैठक में विभिन्न जिला अस्पताल परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया गया जिन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया गया और राज्य सरकार की विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है

श्री खांड्र ने परियोजना के कामों के लिए धन की उपलब्धता के बावजूद कार्यान्वयन में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कार्यों को मार्च दो हजार तेईस तक प्रा करने का लक्ष्य था मुख्यमंत्री ने कल राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की बैठक में शहरी विकास मंत्री कमलूंग मोसांग और सांसद तापिर गाव उपस्थित थे श्री खांड् ने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया उन्होंने ईटानगर और पासीघाट के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की

यह राशि इस वित्त वर्ष में जारी किए गए कुल अनुदान की दूसरी किस्त है पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण पत्र देने वाले राज्यों को पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ये किस्त जारी की गई है

राज्यों को केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्त होने के दस दिन के अंदर इसे ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित करना होगा

अरुणाचल प्रदेश के लिए चार सौ करोड़ की राशि जारी की गई है

आईसीएमआर के सहयोग से को वैक्सीन भारत बायोटैक ने विकसित की है